दुष्कर्म संसद सरकार ने आज संसद में आश्वासन दिया कि हैदराबाद सामूहिक दुष्कर्म मामले के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए वह कानून में संशोधन करने के लिए तैयार है इसके पहले संसद के दोनों सदनों में इस मामले की कड़ी निन्दा की गई सभी सदस्यों ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए और सख्त कानून की मांग की सभापति एम वेंकैया नायडू ने भी ऐसी घटनाओं पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हए कहा कि केवल कानुन बनाना पर्याप्त नहीं है उन्होंने कहा कि हैदराबाद की घटना एक कलंक है वहीं विपक्ष के नेता गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि देश और समाज को इस तरह के जघन्य अपराध के खिलाफ खड़ा होना चाहिए उन्होंने कहा कि लोगों को संवेदनशील बनाने की जरूरत है

इसके तहत अगले चार महीनों में दो साल तक के एक लाख बच्चों और तीस हजार से अधिक गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है

उधर नीमच में अभियान की सफलता के लिए आज जिला चिकित्सालय से जागरुकता रैली निकाली गई खण्डवा में विधायक देवेन्द्र वर्मा ने बच्चों को दवा पिलाकर अभियान की श्रुआत की गुना सहित विभिन्न जिलों में मिशन इंद्रधनुष के तहत टीकाकरण किया गया मातु वंदना महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रदेश में आज से आठ दिसंबर तक मात वंदना सप्ताह आयोजित किया जा रहा है ग्वालियर में महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी ने सप्ताह का शुभारंभ करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार की प्रधानमंत्री मातू वंदना योजना के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश सम्पूर्ण देश में अव्वल रहा है उन्होंने कहा कि प्रदेश को अव्वल लाने का श्रेय विभाग के मैदानी कार्यकर्ताओं को जाता है इस दौरान उन्होंने मातू वंदना योजना के प्रचार रथ को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया टीकमगढ से हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस दौरान जिले में पहली बार मां बनने वाली महिलाओ को तीन किश्त के जरिए पांच हजार रूपये की प्रोत्साहन राषि प्रदान की जायेगी उधर मुरैनासागर बैतूल झाबुआ उमरियासतना सीहोर रायसेन गुना और उमरिया में पहले दिन जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किये गये अयोध्या भूमि विवाद जमीयत उलेमा ए हिन्द ने अयोध्या भूमि विवाद मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले के खिलाफ समीक्षा याचिका दायर की है याचिका में इस फैसले को लागू करने पर अंतरिम रोक लगाने की भी मांग की गई है जमीयत उलेमा ए हिन्द के अध्यक्ष मौलाना सैयद अशहद रशीदी ने कहा कि शीर्ष न्यायालय का फैसला रिकार्ड के आधार पर त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है इसलिए भारत के संविधान के के तहत इसकी समीक्षा की जरूरत है

इसकी चपेट में आने से हजारों लोगों की मौत हो गई थी और बड़ी संख्या में इसके दुष्प्रभाव से लोग आज भी पीड़ित हैं इसकी पूर्व संध्या पर आज राजधानी भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर मोमबत्ती जलाकर मृतकों को श्रद्वांजलि दी जा रही है वहीं कल भोपाल के सेंट्रल लाइब्रेरी बरकतउल्ला भवन में सर्वधर्म प्रार्थनासभा का आयोजन किया गया है इसमें राज्यपाल लालजी टंडन प्रदेष के कुछ मंत्रियों और प्रमुख अधिकारियों के साथ ही सभी धर्मों के धर्म गुरू षामिल होंगे स्वदेश दर्शन केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत उमरिया जिले मे स्थित बांधवगढ़ नेशनल पार्क मे वन्य जीवन से जुड़ी अधोसंरचना विकसित की गई है इसका उद्देश्य टाइगर क्षेत्र पर दवाब कम करना है

इस दौरान अकादमी के संचालक संजीव सिंह ने कहा कि यह जनगणना पहले हुई जनगणनाओं से भिन्न है इस बार जनगणना कार्य में आधुनिक तकनीकी का भरपूर उपयोग किया जा रहा है इसलिये इसे डिजिटल जनगणना भी कहा जा सकता है मौसम दिसम्बर महीना शुरू होने के बाद भी प्रदेश में ठण्ड का ज्यादा असर देखने को नहीं मिल रहा है रात और सुबह के समय जहां सर्दी महसूस हो रही है वही दिन में तेज धूप खिलने से पारा चढ़ा हुआ है पिछले चौबीस घण्टों के दौरान भोपाल उज्जैन रीवा और चम्बल संभाग के जिलों में तापमान सामान्य से अधिक रहे

वहीं उज्जैन ग्वालियर सागर और इंदौर संभाग के जिलों में कहीं कहीं हल्की वर्षा हई मौसम विभाग ने नीमच मंदसौर रतलाम ग्वालियर भिण्ड मुरैना सहित कुछ जिलों में हल्का कोहरा छाने की संभावना जताई है विभाग के मुताबिक दो से तीन तक मौसम में विशेष परिवर्तन नहीं होगा